ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन को चरणबद्व तरीके से हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई

उन्होंने इस महामारी से निपटने से उत्पन्न स्थिति और कार्य योजना पर चर्चा के लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हए ये बात कही प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह इस तरह की चौथी बैठक थी श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है भारत सहित कई दशों की स्थिति मार्च के प्रारम्भ में लगभग एक जैसी थी लेकिन समय से कदम उठाये जाने के कारण भारत बहुत लोगों की रक्षा करने में सफल रहा श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दो गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिना में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे है कि उन्हें खांसी जुकाम या कोई अन्य लक्षण है और यह स्वागत योग्य चिन्ह है

भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है

श्री पाल ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री द्वारा कई बार वीडियो कांफ्रेंसिंग करने से राष्ट्रीय स्तर पर इस संक्रमण से निपटने में मदद मिली है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर का दौरा करते हुए यह बात कही

बाइट दो लाख से ज्यादा बेड़स और इसी प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में आईसीयू के बेड्स इनका इंतजाम सारे देश के अंदर हम लोगों ने किया है

मुख्यमंत्री ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं तत्काल बहाल करने को कहा

श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन व्यवस्था का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने की निर्देश दिये हैं मख्यमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन में भेजने से पूर्व सभी श्रमिकों की मेडिकल जाँच भी सुनिश्चित करायी जा रही है श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद प्रयागराज में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को चरणबद्ध रूप में उनके गृह जनपद में भेजने के निर्देश दिये गये हैं

इन सभी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों में भेजते हुए क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है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

एक रिपोर्ट किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एमएलबी भट्ट ने इसे एक एहतियात के तौर पर बताया और कहा कि उनका संस्थान कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से प्लाज्मा थैरेपी को अनुमति दिए जाने के बाद से ही इसकी तैयारी कर रहा था

अगर इस मरीज की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो सकती है तो ये कोविड संक्रमण के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पद्वति से ठीक करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कोरोना महामारी से जूझती जिंदगी के लिए मुजफ्फरगनर जिले में गुड़ उद्योग जीवन की धुरी बन गया है कोल्हुओं में बनने वाला गुड़ मिठास के साथ हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहा है हमारे मुजफ्फरनगर प्रतिनिधि की रिपोट कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच भी मुजफ्फरनगर के गांव गुड़ की गंध से महक रहे हैं तीन हजार से अधिक कोल्हुओं पर निरंतर गुड़ बनाने का काम चल रहा है सरकार ने गुड़ बनाने वाले कोल्हुओं और चीनी मिलों को लॉक डाउन से मुक्त रखा है मुजफ्फरनगर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी लगातार खुल रही है कोल्हू संचालक गुड़ बनाकर यहां आपूर्ति कर रहे हैं मंडी से गुड़ देश के कोने कोने में कश्मीर से कन्या कुमारी तक निरंतर जा रहा है यहां के गुड़ की सबसे ज्यादा मांग पंजाब राजस्थान और गुजरात प्रदेश में रहती है मुजफ्फरनगर में गुड़ के उत्पादन को देखते हुए सरकार ने इसे एक जनपद एक उत्पाद में शामिल किया है रणवीर सिंह सैनी आकाशवाणी समाचार मुजफ्फरनगर

वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील रहेजा इस परिचर्चा में भाग लेंगे

यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजकर पच्ची स मिनट पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है कोरोना महामारी के मद्देनजर केन्द्रा सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को मदद दे रही है प्रदेश में पीलीभीत के रामसरन को किसान सम्मान योजना के तहत दो हजार रुपये पांच किलोग्राम राशन और मुफ्त रसोई गैस मिल रही है

मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं उससे हमें लाभ मिल रहा है इससे हम बहुत खुश है परिवार की आर्थिक स्थिति को बहुत सहारा मिला और नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद कहेंगे

नई दिल्ली के मणिपाल अस्पताल को वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता गुलाटी ने बताया कि हृदय और उच्च रक्तचाप के रोगियों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है बाइट हृदय रोगियों के लिए हमारी खास हिदायत है कि वो नियमित रूप से अपनी दवाईयां खाते रहें आजकल बहुत सारे अस्पतालों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग पर डॉक्टर से संपर्क हो सकता है